राज्य के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी कांगकी दारांग ने बताया कि विधानसभा के लिए सत्तावन उम्मीदवारों ने जबकि लोकसभा की दो सीटों के लिए कल तीन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भरा भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल वेस्ट लोकसभा क्षेत्र वही तापिर गाव ने अरुणाचल ईस्ट के लिए अपने नामांकन पर्चे भरे एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी अरुणाचल वेस्ट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है

पच्चीस मार्च तक नामांकन भरे जा सकते है श्री दारांग ने यह भी बताया कि निगरानी दल ने राज्य से अब तक लगभग एक करोड़ बीस लाख़ इकतालीस हजार रुपये जब्त किए है उन्होंने बताया कि लोंगडिंग जिले से सबसे अधिक चौतीस लाख रुपये से भी अधिक की नकदी जब्त की गई है उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघनों को रोकने के लिए राज्यभर में तीन सौ से भी अधिक निगरानी दल तैनात किए गए है श्री दारांग ने कहा कि दस लाख रुपये से अधिक जब्त नकदी के तीन मामलो को कल शाम तक आयकर विभाग को जाँच के लिए सौंप दिया गया है जनता दल सेक्यूलर ने कल अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सात उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की है जे डी एस द्वारा जारी सूची के अनुसार पार्टी में जरजुम एटे को अरुणाचल वेस्ट लोकसभा से और अरुणाचल ईस्ट सीट से बान्दी मिली को अपना उम्मीदवार घोषित किया है अपनी द्रसरी सूची में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने ईटानगर से ताबा थॉमस को मैदान में उतारा है जे डीएस ने अब तक विधानसभा चुनाव के लिए कुल सत्रह उम्मीदवारों के नाम घोषित किए है पार्टी द्वारा घोषित नामों में पूर्व मुख्य मंत्री गेगोंग अपांग का नाम भी शामिल है इस बीच नेशनल पीपल्स पार्टी ने भी चार उम्मीदवारों की अपनी द्रसरी सुची जारी कर दी है हालांकि पार्टी ने ईस्ट संसदीय क्षेत्र के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का निर्णय लिया है एन पी पी ने ख्योदा अपिक को पहले ही अरुणाचल वेस्ट लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने अरुणाचल ईस्ट संसदीय सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है ईटानगर में कल संवाददाता को संबोधित करते हुए पी पी ए ने मोंगोल योमसो को अपना उम्मीदवार घोषित किया वही अरुणाचल वेस्ट लोक सभा क्षेत्र के लिए पार्टी ने सेब्र केची को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने राज्य की दो लोकसभा सीटों के लिए पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है लेकिन पार्टी ने अभी तक अधिकारिक तौर पर साठ विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है कांग्रेस ने अरुणाचल वेस्ट लोक सभा सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी को और अरुणाचल ईस्ट के लिए जेम्स एल वांग्लेट को टिकट दिया है राजधानी जिला प्रशासन व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी एस वी ई ई पी के तहत लोगों के बीच स्वंतत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर जागरुकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करेगा राजधानी जिला उपायुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन खेल विभाग के साथ मिलकर आगामी इकतीस मार्च को मतदाता जागरुकता के लिए एक मिनी मेराथन आयोजित करेगा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ने कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनिल अरोड़ा को वी वी पैट मतगणना पर्ची के नमूने पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की आयोग ने एक बयान में कहा देश में चुनाव के दौरान वी वी पैट मतगनना पर्ची की बढ़ी हुई प्रतिशत के लिए अलग अलग मांगों के मद्देनजर इसने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान को व्यवस्थित रुप से विश्लेषण करने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन की इलेक्ट्रॉनिक गिनती के साथ वि वी पैट सिल्प के सत्यापन के मुद्दे की वैज्ञानिक जॉंच करने के लिए लगाया गया था निर्वाचन आयोग ने कहा कि विशेषज्ञ समिति द्वारा सौंपे रिपोर्ट की जॉंच अब आयोग करेगा राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उन्नीस सौ इकतीस में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में लाहौर में इन्हें फांसी दे दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टवीट में कहा कि इन महान सप्रतों का बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा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 आज का अधिकतम तापमान चौबीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सोलह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया